प्रधानमंत्री वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करेगी नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही हम इतने सालों से सत्ता में आए हैं

जो लोग अपने आप को एकता का ठेकेदार बताते हैं उन्होंने सिर्फ आंध्र का विभाजन किया आज भी वहां पर शांति का माहौल नही बन पाया है तेलंगाना और आंधा में और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं हम उत्तर प्रदेश में से उतराखंड बना दे दिलों में आग नही लगने देते हम बिहार में से झारखंड बना दें दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं हम मध्यप्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दें प्यार में कोई कमी नही आने देते हैं क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास ये मंत्र हमारी रगों में हैं हमारे जहन में है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश विकास और आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर चल रहा है और हाल के वर्षों में इसमें तेजी आई है उन्होंने दोहराया कि भाजपा लोकतंत्र के मूल्यों को बनाये रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिएआज प्रार्थना करना चाहता हूं बहुत हो चुका नये सिरे से सोचना शुरू करो कमियां हम में भी होगी

आज हिन्दुस्तान के राजनीतिक तख्त पर ईमानदारी से रग रग में लोकतंत्र को लेकर के जीने वाला जो दल हैं यो भारतीय जनता पार्टी है हम शासन में आते हैं तब भी हम सबसे ज्यादा लोकतंत्र की परवाह करने वाले लोग होते हैं

लोकसभा चुनाव के साथ साथ चार राज्यों में हुए चुनावों के नतीजे आने के बाद कल भारत निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता हटाए जाने की घोषणा की आयोग ने कैबिनेट सचिव सहित राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के बाद से ही केन्द्र और राज्य की सरकारें नीतिगत फैसले नहीं ले पा रही थीं अब आचार संहिता हटने के बाद सरकारें नीतिगत फैसले ले सकेंगी और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी लोकसभा सत्र संत्रहवीं लोकसभा का पहला संत्र अगले महीने की छह से पन्द्रह तारीख तक होने की संभावना है इकतीस मई को नये मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है इसके एक दिन पहले राष्ट्रपति तीस मई को नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इसी दिन लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है अध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थाई अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम बासागुड़ा और नेलासनार थाना क्षेत्र से तलाशी अभियान के लिए निकली थी इसी दौरान आउटपल्ली के जंगल से तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार माओवादियों के पास से दो आईईडी भी बरामद किए गए हैं उधर दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने सातधार मंगनार मार्ग पर नाली निर्माण कार्य में लगे पानी टैंकर और मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में पंडित नेहरू को उनके स्मारक शांतिवन में श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया इधर प्रदेश में भी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राजधानी रायपुर में कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित नेहरू को श्रद्वांजलि अर्पित की इस मौके पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया प्रसिद्व आलोचक पुरूषोत्तम अग्रवाल ने व्याख्यान देते हुए कहा कि पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे उन्होंने कहा कि आज हम जिस भारत पर गर्व करते हैं उसकी नींव पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी पंडित नेहरू ने जिस समय आईआईटी बनाई उसी समय उन्होंने साहित्य और ललित अकादमी भी बनाया पंडित नेहरू अपने आलोचक का भी पूरा सम्मान करते थे उनकी सोच एक समग्रता की सोच थी जिसमें भारत के हिस्से सब कुछ था मुख्यमंत्री संदेश देश के प्रथम प्रधानमंत्री और भारतरत्न पंडित जवाहर लाल नेहरू की पचपनवीं पृण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेहरू और नया भारत विषय पर छत्तीसगढ़ की जनता के नाम संदेश देंगे मुख्यमंत्री के संदेश का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा आज रात आठ बजे किया जाएगा जिसे प्रदेश स्थित सभी आकाशवाणी केन्द्र और एफएम रेडियो रिले करेंगे शिक्षा मंडल परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम और क्रेडिट योजना के तहत पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है जो दस जून तक चलेगी विलंब शुल्क के साथ अट्ठारह जून तक आवदेन लिए जाएंगे इन परीक्षार्थियों को क्रेडिट योजना के तहत एक अतिरिक्त अवसर दिया जा रहा है परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है विद्यार्थी द्वारा अग्रेषण संस्था में भी आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं वहीं शिक्षा मंडल ने डीएड की मुख्य परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है पुराने पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा पांच जुलाई से शुरू होगी जबकि द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं छह जुलाई से ली जाएगी वहीं नये पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा पांच जुलाई और द्वितीय वर्ष की परीक्षा छह जुलाई से निर्धारित की गई है चिटफंड कंपनी सेवा केन्द्र चिटफंड कंपनी पीएसीएल पर्ल एग्रोटेक कार्पोरेशन लिमिटेड से रिफंड लेने रायपुर जिला प्रशासन ने निवेशकों की सुविधा के लिए जिला पंचायत सहित सभी जनपद पंचायत कार्यालयों और रायपुर नगर निगम के जोन कार्यालयों में सेवा केन्द्र शुरू किया है कलेक्टर डॉक्टर बसवराजु एस ने बताया कि सेबी द्वारा आवेदन की तिथि इकतीस जुलाई तक बढ़ा दी गई है उन्होंने बताया कि रायपुर जिले के जो आवेदक अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे अपने रिफंड के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए सेवा केन्द्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अभी तक रायपुर जिले में तीन हजार तीन सौ बासठ लोगों ने क्लेम राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा किए हैं पर्यटन मंत्री निर्देश प्रदेश के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पर्यटन स्थलों में सैलानियों के लिए सुविधाएं विकसित करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने प्रदेश को सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को सर्व सुविधा युक्त बनाने पर जोर दिया श्री साहू ने आज राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के कार्यालय का निरीक्षण किया इस मौके पर उन्होंने मंडल के प्रबंध संचालक से विभागीय कार्यों की जानकारी लेने के अलावा पर्यटन विकास की योजनाओं पर भी चर्चा की

निरीक्षण के दौरान तीन सहायक चिकित्सा अधिकारियों के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए

आरोपियों के पास से एक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं